चार महिला दोषियों को आजीवन कारावास

कोरोना से स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव दो आठ प्रतिशत हुई

बंद पड़ी चीनी मिलों को खोला जायेगा

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद पहली बार किसी मामले में मौत की सजा सुनाई गयी है उत्पाद मामलों के विशेष न्यायाधीश लवकुश कुमार की अदालत ने छठ् पासी कन्हैया पासी नगीना पासी लालबाबू पासी राजेश पासी सनोज पासी संजय चौधरी रंजय चौधरी और मुन्ना चौधरी को फांसी की सजा सुनाई जबकि महिला दोषियों लालझरी देवी कैलाशो देवी इन्दू देवी और रीता देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी अदालत ने सभी महिला दोषियों को दस दस लाख रुपये आर्थिक दण्ड की भी सजा सुनाई है सजा सुनाए जाने के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया मामले की सुनवाई लगभग साढ़े चार वर्ष चली इस दौरान पांच न्यायाधीश बदले गये गौरतलब है कि बिहार में छह अप्रैल दो हजार सोलह से शराबबंदी कानून लागू हुआ था और इसी साल अगस्त महीने में गोपालगंज जिले के खजूरबन्नी मोहल्ले में जहरीली शराब पीने से उन्नीस लोगों की मौत हो गई थी तथा कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी इस मामले में चौदह आरोपी बनाये गये थे जिसमें से एक आरोपी की पहले ही मौत हो चूकी है सरकार ने इस मामले में इक्कीस पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया था हालांकि पटना उच्च न्यायालय ने बाद में सभी पुलिसकर्मियों की सेवा बहाल कर दी थी प्रदेश में अब तक सात लाख पचहत्तर हजार अस्सी लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये गये हैं इनमें से छह लाख सत्रह हजार दो सौ सतहत्तर लोगों को टीके की पहली खु्राक जबकि एक लाख संतावन हजार आठ सौ तीन लोगों को दूसरी खुराक दी गयी है कल बत्तीस हजार पांच सौ बासठ लोगों को टीके लगाये गये स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक किसी भी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का गंभीर प्रतिकूल असर नहीं दिखा है इधर देशभर में कल तक एक करोड़ नब्बे लाख से अधिक लोगों को कोविड उन्नीस के टीके लगाए गए वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर रोग से ग्रस्त पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण का काम भी जारी है लोग टीके लेने के लिए कोविन डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल पर या आरोग्य सेतु एप पर अपना निबंधन करवा सकते हैं इसके अलावा टीकाकरण केन्द्रों पर भी निबंधन की सुविधा उपलब्ध है

स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सभी सिविल सर्जन को निर्देश जारी किया है निर्देश में कहा गया है कि घरों से महिलाओं को टीकाकरण केन्द्रों तक लाने के लिए विशेष व्यवस्था की जाए इस काम में जीविका दीदी आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका की मदद लेने को कहा गया है टीका केन्द्रों पर महिला चिकित्सकों की तैनाती के भी निर्देश दिये गये हैं प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव दो आठ प्रतिशत है कल चौवालीस मरीजों को उपचार के बाद छटटी दी गयी जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख साठ हजार आठ सौ इक्कीस हो गयी है वर्तमान में तीन सौ चालीस मरीजों का उपचार चल रहा है वहीं इसी अवधि में एक व्यक्ति की मौत के साथ ही इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार पांच सौ चौवालीस हो गया है कल चौदह जिलों से अड़तीस नये मामलों की भी पुष्टि हुई है सबसे अधिक पन्द्रह नये मामले पटना से सामने आये हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना से हुई मौत के मामले में अब तक आठ सौ तीन मृतकों के आश्रितों को चार चार लाख रूपये की सहायता राशि उपलब्ध करा दी गयी है विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि बाकी बचे मृतकों के आश्रितों को सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए सभी जिले को राशि भेज दी गयी है उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि राज्य में बड़े पैमाने पर इथेनॉल का उत्पादन होगा विधान सभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री हुसैन ने कहा कि केन्द्र सरकार ने इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी बनाने की शर्त को खत्म कर दिया है अब बिना चीनी बनाये भी कोई कम्पनी इथेनॉल का उत्पादन कर सकेगी श्री हुसैन ने कहा कि अब बिहार में गन्ना के साथ साथ मक्का और टूटे हुये चावल से भी इथेनॉल का उत्पादन हो सकेगा उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्य में बंद पड़ी चीनी मिलों को खोला जायेगा मूंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के मोकबिरा चांय टोला में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गयी पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि एक पक्ष से दो लोगों की जबकि दूसरे पक्ष से एक व्यक्ति की मौत हुई है उन्होंने बताया कि इस मामले में सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया गया है अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है नवादा मंडल कारा में पिछले दिनों छापेमारी के दौरान नौ मोबाईल फोन समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद होने के मामले में जेल उपाधीक्षक रामविलास दास और दो कक्षपाल अजय कुमार सिंह तथा अभिनय कुमार को निलंबित कर दिया गया है इधर पटना के बेऊर जेल में छापेमारी के दौरान मिले आपत्तिजनक सामानों के मामले में पटना के जिलाधिकारी चन्द्रशेखर सिंह ने जेल उपाधीक्षक संजय कुमार के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने अरवल के उसरी स्थित मध्य ग्रामीण बैंक से जाली कागजात पर एक करोड़ ग्यारह लाख रूपये से अधिक के गबन के मामले में तत्कालीन बैंक मैनेजर बागी नाथ दुबे और एक ट्रैक्टर डीलर अजित कुमार को पांच पांच साल कारावास की सजा सुनाई है वहीं अरवल अंचल के करौल सर्किल के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी रणविजय सिंह को दस साल कैद की सजा सुनाई गई केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा के कार्यक्रमों में बदलाव किया है जेईई मेन के चौथे चरण की परीक्षाओं के कारण तेरह से सोलह मई के बीच होने वाली परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया गया है दसवीं बोर्ड की पन्द्रह मई को होने वाली विज्ञान विषय की परीक्षा अब इक्कीस मई को होगी वहीं बारहवीं के भौतिक विज्ञान की परीक्षा तेरह मई के बदले आठ जून को और गणित की परीक्षा एक जून के बदले इकतीस मई को होगी समेकित बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस निदेशालय ने राज्य के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों को दस मार्च तक निकटतम प्राथमिक सरकारी विद्यालयों से जोड़ने का निर्देश दिया है इस संबंध में सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आदेश निर्गत किया गया है राज्य में अभी एक लाख चार हजार से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हो रहे हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत निःशुल्क गोल्डेन कार्ड बनाने की समय सीमा इकतीस मार्च तक बढ़ा दी गयी है पहले यह समय सीमा तीन मार्च तक निर्धारित थी भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक आज से पटना में शुरू हो रही है बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद नित्यानंद राय और बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे प्रदेशभर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक एस के मंडल ने बताया कि अधिकतम तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहेगा

बिहार हैंडबॉल संघ के महासचिव ब्रजकिशोर शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में सभी जिला संघ और संस्थानों की टीमें हिस्सा ले रही हैं कैमूर जिले के बिउरी गांव में मिट्टी की दीवार गिरने से मलवे में दब कर एक महिला और उसके दो बच्चों की मौत हो गयी कटिहार जिले के तेलत स्टेशन के पास देर शाम एक ट्रेन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत हो गयी नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एलआईसी के एक अधिकारी की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने दिल्ली से मुख्य आरोपी छोटे लाल यादव को गिरफ्तार कर लिया है पूर्णियां जिले के सदर थाना क्षेत्र से कुख्यात शराब तस्कर मोहम्मद कमाल को गिरफ्तार किया गया है वह मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है पटना जिले के आलमगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक कार से सोलह कार्टन शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है वहीं कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र स्थित पीरा गेराबाड़ी में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर एक ऑटो रिक्शा से भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर और चालक को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने गोपालगंज शराब कांड मामले से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है खजुरबन्नी शराब कांड में नौ को फांसी चार को उम्र कैद दैनिक भास्कर ने इसी खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है देश में पहली बार शराब मामले में इतनी बड़ी सजा दैनिक जागरण ने लिखा है मुकेश सहनी के भाई से सरकारी योजना का उद्घाटन कराने के मामले को मुख्यमंत्री ने गम्भीरता से लिया मांगी रिपोर्ट प्रभात खबर लिखता है आठ माह में सोना प्रति दस ग्राम बारह हजार रूपये से अधिक सस्ता हुआ दैनिक आज ने लिखा है अब कार से पेट्रोलिंग करेगी बिहार पुलिस अस्सी अर्टिगा और तीन सौ बोलेरो खरीदने का ऑर्डर राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है सीबीएसई ने किया दसवीं और बारहवीं की परीक्षा की तिथियों में बदलाव

चार महिला दोषियों को आजीवन कारावास

कोरोना से स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव दो आठ प्रतिशत हुई

बंद पड़ी चीनी मिलों को खोला जायेगा